प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि नया विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारो से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधूनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा बाइट देश के किसानों के कल्याण की दिशा में कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नये कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं एग्रीकल्वर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं उसी बदलाव के बाद इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर झूठ फैलाने पर भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ गए लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे बाइट हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है मजबूर किया गया अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे प्रदेश सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में रिक्त पड़े पदों के बारे में अवगत कराया जाये और अगले तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करके छह महीने के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिये जाये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि एक ने उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में पिछले तीन सालों में तीन लाख भर्तियां की गई है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से शुरू करने के निर्देश दिये हैं इस संबंध में भर्ती बोर्ड और आयोग के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक आयोजित की जायेगी

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने रेलवे में पिछले छह वर्षों में स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं किया है रेलमंत्री ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी रेलमंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे की रिक्त पदों को समाप्त करने की भी कोई योजना नहीं है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

उन्होंने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है

उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को जिलाचिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में सफलतापूर्वक उपचारित रोगियों के इलाज के बारे में विचार विमर्श कर स्वस्थ होने की दर बढ़ाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आगामी पर्वो और त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन न किये जाय और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये

यह कानून इस संबंध में अप्रैल में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में एक वर्ष के अंदर केन्द्रीय परिषद के प्नर्गठन का प्रस्ताव है विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं और इनका वैज्ञानिक आधार है बाइट पूरी तरह से देश के हर नागरिक को उच्चकोटि की स्वास्थ्य सूविधा उपलब्ध हों इसी के लिए आयुष्मान योजना है इसी के डेढ लाख हेल्थ एंड वेल्सनेस सेंटर्स हैं जहां पर आयुष के भी हेल्थ एंड वेल्सनेस सेंटर्स हैं इन सब चीजों का प्रावधान है इसी के लिए आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है और बहुत सारी जितनी भी जो प्रधानमंत्री की जो पीएमएसएसवाई योजना है जिसके तहत नये मेडिकल इंस्टीतटयूटस बन रहे हैं हर मेडिकल इंस्टीएट्यूटर्स के अंदर एक सेपरेट इंस्टीटयूशन है पूरा ब्लॉक है जो इंडियन सिस्टर्म्स ऑफ मेडिकल्स को ही डील कर रहा है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया कि निदेशक मंडल के गठन में पक्षपात किया जा रहा है